मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाएं समयबद्ध लागू करने को कहा ताकि विकास का लाभ लोगों तक पहुंच सके वे आज शिमला स्थित सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की प्रगति जानने के लिए सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों की संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लेते हुए लापरवाह अधिकारियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उपेक्षित क्षेत्रों में रहा है मगर अब यहां के लोगों को हरसंभव सुविधाएं दी जाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ ऐसे ही संवाद का चलन शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय से आम लोगों की सीधी पहुंच हो सके सिराज के लोगों ने बहुमूल्य समय देने और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनसे संवाद करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया मानिका जैन कम्बोडिया में भारतीय राजदूत मानिका जैन ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके सरकारी आवास ओकओवर में मुलाकात की एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी बाद में मानिका जैन ने सोलन स्थित राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विद्यार्थियों को विदेश नीति सहित विदेशी सेवाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी उन्होंने बताया कि वे विदेश मंत्रालय के एक कार्यक्रम के तहत हिमाचल के दौरे पर हैं

स्कूल के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अमूल्य जानकारी हासिल हुई है भेंट कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा के नेतृत्व में स्पीति घाटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से शिमला में भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने ताबो में भारतीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि के कुछ क्षेत्र की एवज संबंधित विभाग को मौजूदा कीमत जमा करने के निर्देश देने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया

प्रतिनिधिमंडल ने ताबो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कवंर ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया है वे आज ऊना सब्जी मंडी में आयोजित स्वच्छता अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ कर लोग अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाने में जुटे है

इस मौके उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने भी विचार व्यक्त किए अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में देश के युवाओं का खेल से जुड़ाव सुनिश्चित करने खेलों में जमीनी प्रतिभा को बढ़ावा देने और इस दिशा में नई नीतियों के निर्माण का मुद्दा उठाया उन्होंने खिलाड़ियों के देश के बाहर ट्रेनिंग लेने के बजाए देश में ही बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने निचले स्तर पर मौजूद प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए सांसद स्टार खेल महाकृंभ व खेला इंडिया से जैसे आयोजनों की जरूरत बताई अनुराग ठाकुर ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित करने पर भी बल दिया उन्होंने हिमाचल और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में देनिंग सेंटर व आधारभूत ढांचा विकसित करने का सुझाव भी दिया मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित सांसदों वीरेन्द्र कश्यप रामस्वरूप शर्मा और अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की उन्होंने धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने संबंधी राष्ट्रीय ई विधान अकादमी बनाने के लिए एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा राजीव बिंदल ने कहा कि अकादमी की स्थापना से सांसदों विधायकों और देश के अधिकारियों सहित विदेशों के विधान निकायों के अधिकारियों को ई विधान प्रकिया का प्रशिक्षण हासिल करने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा कि इस परिसर का सालभर उपयोग सुनिश्चित होगा क्योंकि मौजूदा समय में यहां केवल एक ही शीतकालीन सत्र आयोजित होता है बिक्रम ठाकुर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर स्वाबलंबी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने ऊना में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ये बात कही उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए बजट में अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है बिक्रम ठाकुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए उन्होंने मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना को लेकर आईटीआई के छात्रों को जागरूक करने पर बल दिया ताकि युवाओं को नए विचारों के साथ प्रेरित किया जा सके इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे विनीत चौधरी मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऊना के हरोली उपमंडल में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य शोध इकाई द्वारा चलाए जाने वाले तीन अभियानों का आज श्र्भारंभ किया उन्होंने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर ध्रम्रपान के खिलाफ जनआंदोलन महिलाओं में सर्विक्स कैंसर और गले के कैंसर विषयों पर तीन शोध कार्यक्रमों को हमीरप्र स्थित मैडिकल कॉलेज के माध्यम से कियान्वित किया जाएगा विनीत चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्रम्प्रपान के खिलाफ अभियान के तहत ऊना शहर और हरोली उपमंडल को चुना गया है जहां आगामी एक वर्ष तक जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे बाद में जनमंच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यो का निरीक्षण करने के निर्देश दिए

समापन समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने की इस मौके उन्होंने छात्रों से खेलों व पढ़ाई के बीच तालमेल बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का आहवान किया इस बीच राजीव सहजल ने दून निर्वाचन क्षेत्र के कुठाड़ के बनलगी में अग्निशमन केन्द्र का लोकार्पण किया

दुर्घटना किन्नौर जिला की निचार तहसील के विकासनगर में आज सुबह एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं घायलों को रामपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है सभी मृतक किन्नौर के भावा वैली के रहने वाले थे इस हादसे में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अस्पताल में दम तोड़ा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है बांध कुल्लू ज़िला के मनाली के समीप स्थित एलाईन दुहांगन जल विद्युत परियोजना के बांध से सिल्ट हटाने के लिए कल बांध से पानी छोड़ा जाएगा

युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों लोकसभा के पदाधिकारियों और विधानसभा के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों ने भाग लिया इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने सभी पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ब्रथ स्तर पर कार्य करने को कहा